लखनऊ में आज उच्चाधिकारियों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में आवश्यक ऑपरेशन सेवा भी तत्काल शुरू की जाए उन्होंने कहा कि मेडिकल इन्फेक्शन से चिकित्साकर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टरों पैरामेडिक व नर्सिंग स्टाफ और एम्बुलेंस चालकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना कन्टेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को सचारू ढंग से संचालित करने के भी निर्देश दिए इस बीच मुख्यमंत्री श्री योगी ने आज लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया उन्होंने अस्पताल द्वारा मरोजों को उपलब्ध करायी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं पर संतोष व्यक्त किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने समीक्षा कर सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों और कृषि विभाग के अधिकारियों को टिडडी दल से बचाव के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा है प्रदेश सरकार ने किसानों की फसलों को टिड़डी कीट के हमले से बचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और टीमों का गठन किया है जिला मुख्यालयों पर इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं प्रदेश सरकार ने टिड्डी दल से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए किसानों को सलाह दी है कि टिड़ियों द्वारा हमले की स्थिति में एक साथ इकट्ठा होकर ढोल नगाडे टिन के डिब्बे थालियां बजाकर तेज शोर किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पिछले दो महीनों में नौ करोड़ सड़सठ लाख किसानों को लाभ हुआ है इसके लिए उन्नीस हजार करोड़ रुपये जारी किये गये सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग चार लाख सत्तावन हजार मिट्रिक टन दालें राज्यों और केन्द्राशासित प्रदेशों को भेजी गई हैं इनमें से एक लाख अठहत्तर हजार मिट्रिक टन दालें तेरह करोड चालीस लाख लामार्थियों को वितरित कर दी गई है सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सभी कार्ड धारक लामार्थियों को एक किलो ग्राम प्रति माह की दर से तीन महीने के लिए मुफ्त दालें एक लाख सत्तर हजार लोगों के बीच वितरित की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार और इसकी कार्य क्शलता बढ़ाते समय उपभोक्ताओं की संतृष्टि पर जोर दिया है प्रधानमंत्री ने कल शाम बिजली मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यो की समीक्षा की बैठक में ऊर्जा क्षेत्र की समस्याओं के निवारण के लिए शुल्क नीति और बिजली संशोधन विधेयक दो हजार बीस सहित नीतिगत पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ श्री मोदी ने विभिन्न प्रदेशों में बिजली क्षेत्र की समस्याओं विशेषकर बिजली वितरण की ओर ध्यान दिलाया कोविड नाइन्टीन के विशेष कार्यक्रम में आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डाक्टर माला श्रीवास्तव ने कहा कि जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते उन्हें पहचाना मुश्किल है और यह संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या का एक मुख्य कारण है यह संक्रमण तेजी से इसलिए फैल रहा है क्योंकि इसमें कई पेशॅट्स जो होते हैं और सिम्पटोमैटिक कैरियर्स होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि उनको संक्रमण है वह कोरोना पॉजिटिव होते हैं और वह बीमारी फैलाते हैं तो ऐसे लोगों को पहचानना थोक्षा मुश्किल होता है क्योंकि हम सब पेशेंट्स के साथ टेस्ट तो कराते नहीं हैं इसीलिए यह बीमारी थोज़ा सा फेल रही है हमें साक्षानी बरतनी होगी युनिवर्सल प्रिकाशन जिसको कहते हैं वह करना पढ़ेगा तभी हम इस संक्रमण को रोक सकेंगे डॉक्टार माला श्रीवास्त ने गर्मवती महिलाओं को सलाह दी है कि वे बेहद सावधान रहें और हर तरह से जरूरी ऐहतियाती उपाय करें जो गर्मवती महिलाएं होती हैं उनकी इम्यूनिटी वैसे भी थोड़ी सी कम होती है तो उन लोग को ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहना चाहिए इवन घर में भी बहुत मिलकर नहीं रहना चाहिए थोड़ा सा अलग थलग सोशल डिस्टेसिंग बनाकर रखना चाहिए उनके परिवार में जो बाहर जाते हैं उनसे थोड़ो सा दूरी बनाकर रखने में ही उनकी मलाई है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर श्रद्वांजलि दी ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि वीर सावरकर एक बहुआयामी व्यक्तित्व स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक अद्वितीय लेखक और राजनीतिक विचारक थे प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि वीर सावरकर की बहादुरी स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सुधार में अग्रणी योगदान हमेशा याद किया जाएगा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्वाजलि अर्पित की है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली जुलाई से आयोजित होने वाली दसवीं और बारहवीं की लंबित परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत दी गई है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान जो छात्र दूसरे राज्य या जिले में चले गए हैं वे वहीं से इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं